इसके माध्यम से मौका नक्शा एवं खसरा में समानता होगी तथा विवाद रहित भूमि का भू स्वामित्व संबंधित भू स्वामी को प्रदान किया जा सकेगा श्री चौहान ने कल राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में व्यापक पैमाने पर राजस्व सुधार किए गए हैं जिनके फलस्वरूप नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं उनके मोबाइल पर घर बैठे मिल रही हैं नागरिकों को भ अभिलेखों की कहीं से भी प्रतिलिपि ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई हैं

राज्य सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में छावनी बोर्ड और सैन्य भूमि से हटाए गए लोगों के पुनर्वास के बारे में भी जानकारी तलब की गई है

जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं सवाल इस कम में आज का प्रश्न है कोविड के टीके के दुष्प्रभाव की कितनी संभावना है जवाब अन्य टीकों के समान ही इसमें भी टीका लगाए जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को हल्का बुखार और दर्द आदि की शिकायत हो सकती है राज्यों से कहा गया है कि वे टीकाकरण स्थल पर ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से सभी व्यवस्था करके रखें

अभियान में बालिकाओं को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचने के उपाय बताए जाएंगे पुलिस विभाग में आईजी क्राइम दीपिका सूरी ने बताया कि बालिकाओं को अंजान लोगों से दोस्ती न करना अंजान व्यक्ति से लिफ्ट और कोई खाद्य सामग्री नहीं लेने के बारे में बताया जा रहा है बालिकाओं को परिचितों से भी सावधान रहने की समझाइश दी जा रही है

खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल एक बैठक में खिलाड़ियों के लिए की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की उन्होंने स्टेडियम परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक कार्यवाही करने के अधिकारियों को निर्देश दिए तीर्थ यात्रा प्रदेष के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड ट्ररिजम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आइआरसीटीसी दो तीर्थ यात्रा रेलगाड़ी शुरू करने जा रहा है

यह रेलगाड़ी प्रदेष के रतलाम उज्जैन श्रजालपुर सीहोर संत श्री हिरदारामनगर बैरागढ़ विदिशा गंजबासोदा बीना और सागर से गुजरेगी